कोविड वैक्सीन पूरी तरह स्रक्षित है शीकाकरण के लिए आगे आएं अफवाहों पर विश्वास न करे यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय योगासन खेल परिसंघ को योगासन को देश मे एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है केन्द्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा मे एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी

सरकार की मान्यता मिलने से राष्ट्रय योगासन खेल महासंघ सभी वर्गो में राष्ट्रीय प्रतियोगितायें करवाने के लिए वित्तीय सहायता के लिए योग्य बनाती है

लोकसभा का बज सत्र सदन के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के साथ ही आज समाप्त हो गया

उप म्ख्यमंत्री दृष्यंत चौधाला ने गांव में उत्कृष्ण कार्य करने वाली महिलाओं व पंच को दोपहिया वाहन स्कूपी भें कर सम्मानित करने के बाद अपने सम्बोधन में कहा कि ऐसी महिला जन प्रतिनिधियों की सफलता की कहानी दर्शानी वाली एक प्रस्तिका प्रकाशित की जायेगी राजय सरकार दवारा किसानों की दिया जाने वाला पैसा सीध किसानों के खाते में दिये जाने पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकार ने एक साल पहले ही किसानों के खाते में पैसे देने श्रू कर दिये थे

उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी शुरूआत है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा मॉडल राज्य बना है जो अपने किसानों को एक एक दाने का एक एक पैसा उनके खाते में देता है

दक्षिणी बिजली वितरण निगम ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार घरों की छत पर सौर ऊर्जा उपकरण लगवाने की योजना लागू की है

उन्होंने कहा कि इस योजना से बड़े स्तर पर नवीन और नवीकरणीय रूप में सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन होगा जिससे बिजली बिला में बचत के साथ प्रदूषण में कमी आयेगी

हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने संस्कृति मॉडल स्कूलों के पीजीपी अंग्रेजी व हिन्दी के कल होने वाले साक्षात्कार को प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिया है जारी पत्र के अनुसार अब यह साक्षात्कार आगामी पांच अप्रैल को होंगे हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप पंचकला जिले के समय और समेकित विकास का खाका तैयार किया है

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव सिंह ने सम्बधित विभागों को जिले के एकीकृत विकास सम्बधी ए के परियोजनाओं के काम में तेज़ी लाने के निर्देश दिये है उन्होंने बताया कि पंचकूला जिला नियोजित क्षेत्रीय विकास का एक ऐसा केन्द्र होगा जहां पर्य न मनोरंजन और मनोविनोद से लेकर चिकित्सा औदयोगिक विकास खेल व आयुर्वेद सहित सांस्कृतिक गतिविधियों पर पूरा ध्यान दिया जायेगा